राज्यपाल द्रौपदी मुर्म ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण शिक्षण संस्थान बंद होने से विद्यार्थियों के समक्ष आयी हैं कई चुनौतियां झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति और सदस्यों की टीम ने आज रामगढ़ जिले का किया दौरा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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि बातचीत के दौरान कोविड की स्थिति तथा कोविड टीकाकरण शुरू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है

देश के औषध महानियंत्रक ने भारत में निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है इन टीकों की सुरक्षा और प्रभाव के मूल्यांकन के बाद यह निर्णय लिया गया है यह वैक्सीन पहले चरण में लगभग तीन करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और समुदाय के अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को लगाया जाएगा

प्रधानमंत्री ने विभिन्न मुद्दों से संबंधित कोविड प्रबंधन की रिथति की विस्तृत और व्यापक समीक्षा की राष्ट्रीय नियामक ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन दो टीकों को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी इन टीकों की सुरक्षा और प्रतिरोधक क्षमता सिद्ध हो चुकी है निकट भविष्य में आने वाली वैक्सीन के संबंध में केन्द्र और राज्यों की तैयारियों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया यह वैक्सीन सबसे पहले तकरीबन तीन करोड स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी इसके बाद पचास वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से पीडित लोगों को टीका लगाया जाएगा

प्रधानमंत्री को कोविड वैक्सीन वितरण प्रबंधन प्रणाली के बारे में भी बताया गया

टीकाकरण कर्मियों की प्रशिक्षण प्रक्रिया का भी निर्धारण हो चुका है

इनमें राज्य टीकाकरण अधिकारी प्रशीतन श्रृंखला अधिकारी आईईसी अधिकारी तथा अन्य भागीदार शामिल हैं

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

सभी जिलो में ड्राइ रन के माध्यम से टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है

शिक्षा जगत पर भी इसका गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थान बन्द होने के कारण विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा राज्यपाल दुमका के सिद्दो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर ऑनलाइन अभिभाषण में बोल रही थीं उन्होंने कहा कि ऐसे विकट समय में हमारे शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विद्यार्थियों का मार्गदर्शन देने का सार्थक कार्य किया राज्यपाल ने कहा कि संताल परगना क्षेत्र में विद्यार्थियों के बीच ऑनलाइन क्लास के लिए इंटरनेट की सर्वसुलभता स्पीड एक चुनौती रही है विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में कुलपति प्रोफसर सोनाझरिया मिंज प्रतिकुलपति डॉ हनुमान शर्मा कुलसचिव डॉ डीएन सिंह सहित विवि के सारे पदाधिकारी छात्र और शिक्षक कर्मचारी मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे

युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हर वर्ष इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक स्पर्द्वाएं मार्शल आर्ट्स प्रदर्शनियां बौद्विक विचार विमर्श युवा कलाकार शिविर संगोष्ठियां और साहसिक कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे साथ ही राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं यह कार्यक्रम संसद के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित होगा

सभापति और अन्य सदस्यों ने जिले के अधिकारियों के साथ परिसदन में बैठक की इस दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों पर चर्चा की गई मौके पर सभी अधिकारियों ने अपने विभागों से संबंधित कार्य प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया

केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आज चाईबासा में एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया

विचार गोष्ठी में सांसद गीता कोड़ा जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंक पूर्व मुख्यमंत्री मध् कोड़ा कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश क्षेत्रीय समन्वयक रमा खलखो सहित अन्य लोगों ने अपने विचार रखे

राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में चयनित झारखंड के प्रतिभागियों को इसमें भाग लेना है

प्रतिभागियों को ऑनलाइन लाइव परफॉरमेंस देना होगा बाहर से आने वाले प्रतिभागियों के ठहरने की व्यवस्था हरमू रोड में भाजपा कार्यालय के पीछे स्थित जेके सदन गेस्ट हाउस में की गई है यह जानकारी देते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना के राज्य परियोजना निदेशक डॉ शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया कि प्रतिभागियों को कार्यकम स्थल पर कोविड के सुरक्षा उपायों के साथ उपस्थित होना है

राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान दो सौ सात नये कोरोना संक्रमित मरीज मिले है

स्वास्थ्य से मिली जानकारी अनुसार राज्य में अब तक एक लाख तेरह हजार नौ सौ अठ्ठाइस लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता हासिल की है

गिरिडीह जिले के गावां वन प्रक्षेत्र के भीमतरी जंगल में शनिवार की देर रात एक तेंदुआ के डीजल पंप के लिए लगाए गए एस्केलेटर तार में फंस जाने से मौत हो गई गिरिडीह जिला वन पदाधिकारी पीयूष अग्रवाल ने मौत की पुष्टि की है खेती के पटवन के लिए किसी ने डीजल पंप और तार लगा रखा था जिसमे जंगल से भटका तेंदुआ आ कर फंस गया आज सुबह जब ग्रामीणों ने तार के जाल में तेंदुआ को फंसा देखा तो इसकी खबर वन विभाग को दिया सूचना मिलने पर गावां वन विभाग की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची मगर सुविधा नहीं होने कारण वह मुक दर्शक बन कर वन विभाग की रेस्क्यू टीम के हजारीबाग से आने का इंतेजार करती रही जब तक तेंदुआ को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम पिंजड़ा लेकर पहुंचती तब तक तेंदुआ की मौत हो चुकी थी पाकुड़ के पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने आज जिले के सभी थानों के थानेदारों पुलिस निरीक्षकों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस उपाधीक्षक के साथ मासिक बैठक में अपराधों की समीक्षा की बैठक में अपराध नियंत्रण के अलावा कोरोना वेक्सिनेशन को लेकर जारी दिशा निर्देशों पर चर्चा करते हुए पुलिस की भूमिका की जानकारी दी गई पुलिस अधीक्षक ने वेक्सिनेशन सेंटर पर सामाजिक दूरी का अनुपालन कराने के साथ ही अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करने का निर्देश दिया उन्होंने थानेदारों को अपने थाना क्षेत्रों के वेक्सिनेशन सेंटरों पर संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारियों और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनांकर कार्य करने को कहा पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में हुई हत्या के एक मामले में पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया